प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में कोविड के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है उन्होंन कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों से कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है बाइट कुछ महीनों के भीतर ही जिस तरह देश ने करीब ढाई हजार लैब्स का नेटवर्क खड़ा किया है

ये सब सरकार और प्राइवेट सेक्टरर के साथ मिलकर काम करने से ही संभव हुआ है कोविड महामारी के दौरान देश के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में दुनिया का विश्वास एक नए स्तर पर पहुंच गया है बाइट बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए दुनिया के लिए पूरी मानव जाति के लिए और खासकर के हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा है मुझे खूशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सूविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी जैसी स्थिति से भविष्य में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजब्त करना आवश्यक है बाइट कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है बल्कि भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए भी देश को तैयार करना है इसलिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्रों को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन्च तक वेंटीलेटर से लेकर वैक्सीकन्स तक साइंटिफिक रीजन से लेकर के सर्विलेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर तक डॉक्टर से लेकर करके एपिडिमीयोलॉजिस्ट तक हमें सभी पर ध्यान देना है

टीबी की रोकथाम में भी मास्क पहनना अर्ली डाइग्नॉसस और ट्रीटमेंट ये सारी बातें अहम हैं ऐसे में कोरोना काल में जो हमें अनुभव मिला है जो एक प्रकार से हिन्दुस्तान के कॉमन मेन तक पहुंच चुका है अब उसी हमारी प्रेक्टिसिस को हम टीबी के क्षेत्र में भी उसी मोड में काम करेंगे तो टीबी से जो हमें लड़ाई लड़नी है बहुत आसानी से हम जीत सकते हैं विधानसभा में आज प्रश्नप्रहर के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रही

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में कहा कि सरकार खेल और उसके लिये पर्याप्त मैदान उपलब्ध कराने के लिये संकल्पित है उन्होंने कहा कि अपनी वचनबद्वता के मद्देनजर सरकार ने भू माफियाओं और दबंगों के हाथों में फंसी सड़सठ हजार हेक्टेयर भूमि को खाली कराया है एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हजारों ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान के लिये जगह आरक्षित कर ली गई है और इन मैदानों का उपयोग गांवों में सार्वजनिक उपयोग के लिये भी किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायत और ब्लाक में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के पास खेल के मैदान उपलब्ध हो इसका प्रबंध किया गया है मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में हजारों युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों का गठन करके उन्हें स्पोर्टकिट दी गई है जिससे खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े

इस मेले का उद्देश्य खिलौना उद्योग के समग्र विकास के लिए संवाद को बढ़ावा देना और दुनिया के सामने भारत की खिलौना निर्माण क्षमता को प्रदर्शित करना है

उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी आठ मार्च को अतंर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसको लेकर मिशन शक्ति के अन्तर्गत आयोजन छब्बीस फरवरी से ही शुरू कर दिये जाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में मिशन शक्ति प्रगति और इसके द्वितीय चरण की समीक्षा कर रहे थे गौरतलब है कि सत्रह अक्टूबर से राज्य में छह महीने का विशेष मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा हैं इसमें चौबीस विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है पिछले वर्ष शारदीय नवरात्रि में शुरू हुआ यह अभियान इस वर्ष वासंतिक नवरात्रि तक चलेगा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण और कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं के अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये प्रदेश सरकार जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा विकसित करने की योजना बना रही है

अयोध्या के इस हवाई अड्डे को बाद में अंतरीष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित किया जाएगा बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अलीगढ़ मुरादाबाद मेरठ जैसे शहरों को भी जल्दी ही हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा

भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन डीजीसीए ने लाइसेंस जारी कर दिया है अब इस एयरपोर्ट से देश विदेश मे उड़ान का रास्ता साफ हो गया है कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे ने बताया कि आज नई दिल्ली में एयरपोर्ट निदेशक एके द्विवेदी ने डीजीसीए डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार से लाइसेंस प्राप्त किया

उन्होंने इस उपलब्धि के लिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नागरिक उड्डयन मंत्री हरिदीप सिंह पुरी का विशेष रूप से आभार प्रकट किया प्रदेश में कल एक हजार नौ सौ पचहत्तर कोविड टीकाकरण के सत्र आयोजित कर फ्रंट लाइन वकस को मॉपराउंड में कोरोना टीका की खुराक दी गई स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सत्तानवे हजार एक सौ इकतीस फ्रंट लाइन वकस को टीका लगाया गया जिन लोगों को कल टीकाकरण किया गया उनको पच्चीस फरवरी को मॉपअप टीकाकरण सत्र आयोजित कर खुराक दी जायेगी और यह उनके लिये अंतिम अवसर होगा साथ ही पच्चीस फरवरी को उन स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी जायेगी जिनको अट्ठाईस जनवरी को कोरोना टीकाकरण किया गया था

राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ आठ नये मामले आये इस समय यहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार दो सौ अड़सठ है जिनमें से पांच सौ अट्ठासी लोग होम आइसोलेशन में रह रहे है कल एक दिन में कुल एक लाख तेईस हजार तीन सौ पैंतीस कोरोना नमूनों की जांच की गई और अब तक तीन करोड़ छह लाख उन्हत्तर हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में दो सौ दो कोरोना मरीज ठीक हुए है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर अट्ठानवे दशमलव एक आठ प्रतिशत हो गई है